म्ख्यमंत्री पेमा खांड्र ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में स्थित स्वयं के संसाधनों को उत्पन्न करने के तौर तरिको और केंद्र पर कम निर्भर रहने पर केंद्रित है बजट सत्र में भाग लेते हए श्री खांड्र ने कहा कि राज्य ने वर्ष दो हजार सोलह सत्रह की त्लना में वर्तमान वित्त वर्ष में विभिन्न स्रोतो से दो हजार करोड़ रुपए से अधिक अर्जित किया है उन्होंने कहा हालांकि भूविज्ञान और खनन और जल विद्य्त जैसे संसाधन उत्पादक विभाग पर और ध्यान देने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि पावर डेवलपर्स के साथ हस्ताक्षरित सौं विषम समझौता ज्ञापनों को समझौते के हिसाब से न चलने के कारण समाप्त कर दिया गया है और आगे और भी समाप्त कर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य में निजी बिजली डेवलपर्स के लिए प्राथमिकता दी जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण परियोजना के लिए मौजूदा भूमि सुधारों को नियमित किए जाने की जरुरत है

प्रम्ख जांच एजेंसी ने कल जिन सदस्यों के घरों की तलाशी ली उनमें अबसोलोम और जामेस किवांग शामिल हैं

यह मामला अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में विधायक खोंसा तिरोंग अबोह के काफिले पर एनएससीएन आईएम दवारा घात लगाकर किए हमले से संबंधित था

कल विधानसभा में म्ख्यमंत्री ने उम्मीद जतायी कि इस बार के बजट सत्र में पारित अरुणाचल प्रदेश प्रापर्टी प्रिवेंशन ऑफ डैमेज और लास विधेयक विरोध प्रदर्शन के दौरान संपत्ति की स्रक्षा में कारगर साबित कदम साबित होगा राज्य में लैण्ड रिफार्म की जरुरत पर बल देते हए श्री खांड्र ने विकास परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने के रास्ते इसे प्रम्ख बाधा बताया म्ख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर ही जल विद्युत परियोजनाओं को लागू करेगी

कल राज्य विधानसभा में बजट चर्चा का जवाब देते हए श्री मैन ने कहा कि आर्थिक च्नौतियों के कारण इस मद में आवंटन को बढ़ाना च्नौतिपूर्ण कार्य है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चल रही जलविद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रा करेगी

जिला उपाय्क्त डॉ किन्नी सिंह ने बताया कि इस महीने की उनतीस तारीख से दैनिक सेवा श्रु हो जाएगी उन्होंने बताया कि लोग अब ग्वाहाटी में ठहराव के साथ दिल्ली से पासीघाट के लिए सीधा टिकट ब्क कर सकते है गौरतलब है कि पासीघाट पहली बार इक्कीस मई दो हजार अट्टारह को देश के वाणिज्यिक विमानन मानचित्र पर आया था

राज्य विधानसभा में कल विधायको के आशंकाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हए राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है लेकिन लोगों को सतर्क रहना चाहिए